ताप्ती मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी के जीर्णोद्वार के लिए न्यास का होगा गठन

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाावाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा

मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाावाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा अध्यात्म विभाग मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वचन पत्र के संकल्पानुसार नवीन अध्यात्म विभाग के गठन का निर्णय लिया है नये विभाग में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा आनंद विभाग संविलियित रहेंगे साथ ही अभी तक कार्यरत धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व संचालनालय तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालनालय और राज्य आनंद संस्थान समाहित होंगे अध्यात्म विभाग के गठन का उद्देश्य सभी धर्मों पंथों और आस्थाओं को समाहित करते हुए प्रदेश में अंतर साम्प्रदायिक सदभाव और सर्वधर्म समभाव को मजबूत करना है धार्मिक न्यास ेएवं धर्मस्व विभाग द्वारा शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्वार पुजारियों को मानदेय धर्मशाला निर्माण धार्मिक स्थलों की यात्रा तीर्थ एवं मेला विकास के कार्य किये जाते हैं इसके साथ ही प्रदेश में ताप्ती नदी मंदाकिनी नदी और क्षिप्रा नदी न्यास का गठन भी किया जायेगा मंत्री कार्यभार प्रदेश में मंत्रालय आवंटन होने के साथ ही मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू कर दिया है कल कई मंत्रियों ने न केवल अपना कार्यभार संभाला बल्कि मंत्रालय की समस्याओं को समझना भी शुरू कर दिया लोक निर्माण विभाग मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि प्रदेश की सड़कों की हालत बेहतर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी वहीं विधि विधाई मंत्री पी सी शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने अधिकारियों से कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जायेगा किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों की मिट्टी और बीजों के परीक्षण का कार्य अब निःशुल्क होगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से किये गये बादों को समय सीमा में पूरा किया जायेगा वहीं स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान रायसेन जिले के चपना ग्रामपंचायत परिसर में बने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से उनकी पढ़ाई की जानकारी ली उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों जैसी शैक्षणिक गुणवत्ता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण किये जाने का आहवान किया है ताकि उनका राजनीतिक शोषण रोका जा सके उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के विकास करना केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है मुम्बई में कल अंजुमन ए इस्लाम द्वारा संचालित डॉक्टर एमआईजे गर्ल्स हाईस्कूल और जूनियर कॉलेज के भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के तीन करोड़ ग्यारह लाख से अधिक विद्यार्थियों को पिछले चार वर्ष में छात्रवृत्ति दी गयी है इनमें लगभग साठ प्रतिशत लड़कियां हैं श्री नकवी ने कहा कि छात्रवृत्ति की राशि को अब सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ज़रिये विद्यार्थियों के खाते में जमा कराया जा रहा है यह एक पारदर्शी तरीका है जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों समेत सभी कमजोर वर्गों के शैक्षिक सशक्तिकरण के मोदी सरकार के प्रयासों के स्पष्ट परिणाम दिखाई दे रहे हैं

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं फिजूलखर्ची रोक प्रदेश में फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है प्रदेश में अब नवीन वाहनों की खरीदी पर इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा इसके साथ ही एयरकण्डीशनर समेत अन्य विलासिता संबंधी उपकरणों की खरीदी पर भी रोक लगा दी गई है

इसी के साथ कार्यालयों की मरम्मत संधारण कार्यालयीन सामग्री और अन्य कार्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिये खर्चे की सीमा तय की गई है

अस्पताल आंगनवाड़ी आश्रम विद्यालय को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है सीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीना ने कल वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में रासायनिक खाद उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की श्री मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में यूरिया की रेक प्राप्त होना आरंभ हो गई हैं इससे रासायनिक खाद की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हुआ है

वीडियो काफ्रेंस में वितरण की समुचित व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये कृषि विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा उर्वरक की माँग और पूर्ति के लिये कृषि सहकारिता और विपणन संघ के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से सप्ताह में दो बार समीक्षा की जाये जिलों में यूरिया का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि उर्वरकों के अवैध परिवहन काला बाजारी तथा अनियमितता की शिकायत पर तुरंत प्रभावी कार्यवाही की जाये मुख्यसचिव विदाई मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत ही शायद ऐसा एकमात्र देश है जहाँ प्रशासनिक अधिकारी को अपने सेवाकाल के दौरान सर्वाधिक अनुभव होते हैं अनुभव की विविधता ही उनकी पूंजी बन जाती है और सेवाकाल समाप्त होते होते वे ज्ञान का जलाशय बन जाते हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भोपाल स्थित मंत्रालय में सेवानिवृत हो रहे मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को औपचारिक विदाई दी श्री नाथ ने कहा कि श्री सिंह ने कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता के साथ प्रदेश को अपनी सेवाएँ दी हैं प्रशासनिक सेवा में उनके योगदान को याद रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने श्री सिंह को स्मृति स्वरूप उपहार भेंट किया ओंकार महोत्सव खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर में आज से ओंकार महोत्सव शुरू हो गया है इस दो दिवसीय आयोजन में देश की जानी मानी गायिका शुभा मुद्गल और निलाद्री कुमार सहित अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात कलाकार और रंगकर्मी अपनी प्रस्तुति देंगे इस दौरान सांस्कृतिक कार्यकमों के साथ साथ ओंकार शिव के शास्त्रीय साहित्यिक और पौराणिक आयामों पर केंद्रित व्याख्यानमाला ओंकार विमर्श का आयोजन भी किया जायेगा कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया है कि विमर्श कार्यक्रम नर्मदा तट पर स्थित अभयघाट पर दोपहर दो से पांच बजे तक आयोजित होगा इस कार्यकम में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डाक्टर विपिन कुमार झा अपने विचार रखेंगे टेनिस पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के भिलाई में खेली गई अंतर राज्यीय नेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश की महिला टेनिस टीम ने रजत पदक जीता है

खिलाड़ियों ने कल संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन से भेंटकर उन्हें अपनी उपलब्धि से अवगत कराया डॉ थाउसेन ने टीम की सदस्यों को उपलब्धि की सराहना करते हुए बधाई दी

यह हीरा एक मजदूर मोतीलाल को कृष्णा कल्याणपुर पटी क्षेत्र से मिला था

ताप्ती मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी के जीर्णोद्वार के लिए न्यास का होगा गठन